इन सीटों पर उपचुनावों के प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार आज डोर ट् डोर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं

हालांकि इनमें से दो मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं

आज मतदानदलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया

मुरैना जिले मे भी कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया खण्डवा जिले के मांधाता धार जिले के बदनावर मंदसौर के सुवासरा देवास जिले के हाट पिपल्या और रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना महामारी को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है

इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं

राज्य में सकिय प्रकरणों की संख्या में भी कमी आ रही है यह घटकर करीब साढे आठ हजार रह गये हैं

इसके तहत रैली का आयोजन किया गया

इस दौरान कोरोना संकमण रोकने के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है